वे पूर्वी आर्थिक फोरम और भारत रूस वार्षिक शिखर बैठक में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिये गये कई महत्वपूर्ण निर्णय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई चिकित्सा विश्वविद्यालय के लिये जमीन को दी गई मंजूरी

हमीरपुर विघानसभा उप चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रूस की तीन दिन की यात्रा पर पूर्वी बंदरगाह शहर ब्लादिक्सोक पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री श्री मोदी का स्वागत करने के लिए भारतीय समुदाय के लोग बड़ी संख्या में वहां मौजूद थे प्रघानमंत्री ने ट्वीट कर अपने इस दौरे को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया प्रघानमंत्री पूर्वी आर्थिक फोरम सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेंगे प्रघानमंत्री भारत रूस वार्षिक शिखर बैठक में भी हिस्सा लेंगे प्रवानमंत्री ने कहा कि वे राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिन के साथ व्यापक वार्ता के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं वार्ता मुख्य रूप से दोनों देशों के बीच रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने पर केन्द्रित रहेगी उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान ये महात्मा गांधी की एक सौ पवासवीं जयंती की स्मृति में विशेष टिकट जारी करेंगे योग को लोकप्रिय बनाने के लिए नए ऐप की शुरूआत की जाएगी प्रघानमंत्री ने कहा कि व्लादिक्स्तोक में जहाज निर्माण के क्षेत्र में सहयोग की संमावनाओं की भी तलाश की जाएगी विदेश सचिव विजय गोखते ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय वार्ता के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो सकती है और कई सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं कोयले के निर्यात को लेकर कोल इंडिया और रूस की कंपनी के बीच तथा खनन क्षेत्र में सहयोग के लिए भारतीय इस्पात प्राधिकरण और रूसी कंपनी के बीच अनेक सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है ऑडियो विज्युल ऊर्जा क्षेत्र में उत्पादन चेन्नई और क्लादिवोस्तिक के बीच समुद्री मार्ग के विकास सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में व्यापार संबंधी अनेक सहमति पत्रों पर भी हस्ताक्षर होंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शिक्षकों से कहा है कि वे छात्रों को अपनी दैनिक समस्याओं के समाधान के लिए गहन सोच विचार करने को प्रोत्साहन दें नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दो हजार अट्ठारह प्राप्त करने वाले शिक्षकों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने छात्रों में रवनात्मक भावना पैदा करने पर जोर दिया उन्होंने कहा कि इससे बच्चों में प्रतिस्पर्वा की भावना जागृत होती है उन्होंने यह भी कहा कि विभिन्न मुद्दों के बारे में छात्रों के दृष्टिकोण को भी समझना बहत जरूरी है केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि समूवे जम्मू कश्मीर में मोबाइल फोन पर लगा प्रतिबंध कुछ सप्ताह में हटा लिया जाएगा नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर पंचायत संघ के प्रतिनिधिमंडल ने श्री अमित शाह से मुलाकात कर के अनुच्छेद तीन सौ सत्तर और धारा पैंतीस ए को समाप्त किए जाने के बाद की स्थिति पर विचार विमर्श किया सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में बहुत कम पुलिस थाना क्षेत्रों में धारा एक सौ चौवालिस लागू है और जल्दी ही इसे भी हटा लिया जाएगा कल नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि अनुच्छेद तीन सौ सत्तर को समाप्त करने के बाद से कश्मीर में न तो गोली चली और न ही आंसूगैस का इस्तेमाल करना पड़ा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल लखनऊ में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में छह महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई बैठक के बाद सरकारी प्रवक्ता और मंत्री श्रीकांत शर्मा और सिद्दार्थनाथ सिंह ने संयुक्त पत्रकार वार्ता में बताया कि बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री अटल विहारी वाजपेई चिकित्सा विश्वविद्यालय के लिये लखनऊ में पचास एकड़ जमीन को मंजूरी दी गई है राजधानी के बाहरी छोर पर स्थित चकगंजरिया में पचास एकड़ भूमि पर यह विकित्सा विश्वविद्यालय स्थापित किया जायेगा मुरादाबाद की कांठ तहसील में बस स्टैंड निर्माण के लिये भूमि हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दे दी यहां बारह सौ दस वर्ग मीटर भूमि पर लगभग साढ़े तीन करोड़ रूपये की लागत से बस अड्डे का निर्माण किया जायेगा प्रदेश में सभी निगमों विमागों और आयोग के अध्यक्षों को प्रतिमाह दस हजार रूपये भत्ता देने के निर्णय को भी मंत्रिपरिषद ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी

शाहजहांपुर कथित दुष्कर्म मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में प्रदेश सरकार ने मामले की जांच के लिये विशेष जांच दल एसआईटी का गठन कर दिया है मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी के निर्देश पर पुलिस महानिरीक्षक लोक शिकायत नवीन अरोड़ा की अव्यक्षता में विशेष जांच दल गठित किया गया है जिसमें भारती सिंह सेना नायक इकतालीस वाहिनी पीएसी गाजियाबाद नामित है इनके अलावा इस दल में स्वच्छ छवि के अन्य पुलिस कर्मी सम्मिलित किये जायेंगे यह जांच दल शाहजहांपुर प्रकरण में आरोपों की जांच और दर्ज अभियोगों की निष्पक्ष विवेचना करेगा सरकार ने कथित दुष्कर्म पीड़ित विवि छात्रा और उसके परिवार के सदस्यों को समृचित सुरक्षा व्यवस्था सनिश्वित कराने के शाहजहांपर जनपद पुलिस को निर्देश दिये हैं शीर्ष न्यायालय ने इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिये प्रदेश सरकार को विशेष जांच दल गठित करने के निर्देश दिये थे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आई डी वी आई में एकमुश्त नौ हजार करोड़ रुपए की पूंजी डालने को मंजूरी दी है सरकार और भरतीय जीवन बीमा निगम एल आई सी दोनों मिलकर यह पूंजी डालेंगे इसमें से साढ़े चार हजार करोड़ रूपये से अधिक की राशि सरकार डालेगी सुवना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इससे बैंको को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता भी प्रदर्शित होती है

तो एलआईसी और आईसीबीआई इक्टठा आने से दोनो का फायदा हुआ है केन्द्रीय आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने सार्वजनिक तेल विपणन कम्पनियों द्वारा खरीदे जाने वाले एथनॉल की कीमत में बढोतरी को मंजूरी दी है यह फैसला इस वर्ष पहली दिसम्बर से लागू होगा और एक वर्ष के लिए होगा यह स्वीकृति एथनॉल मिश्रित पैट्रोल ईबीपी कार्येक्रम के अंतर्गत विभिन्न तरह के कच्चे माल से बनाए जाने वाले एथनॉल के लिए ऊंची कीमत तय करने के लिए दी गई है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वास्थ्य क्षेत्र से जूड़े पेशेवरों के विरुद्ध हिंसा और अस्पतालों की सम्पत्ति को नुकसान पहंचाने के मृद्दों पर कानून लाने का प्रस्ताव किया है प्रस्तावित विवेयक में किसी डॉक्टर या अन्य स्वास्थ्य कर्मी के साथ मारपीट करने पर दस साल की सजा और दस लाख रुपये तक के जुर्मने का प्रावधान किया गया है मंत्रालय ने इस विधेयक के प्रारूप पर जनता से तीस दिन के भीतर सुझाव मांगे हैं

इसके अलावा चार निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी अपना नामांकन कराया भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी युवराज सिंह आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी नौशाद अली ने विगत सोमवार को अपना नामांकन किया था तेईस सितम्बर को होने वाले इस उपचुनाव के नामांकन के लिये आज आखिरी तारीख है नामांकन पत्रों की जांच कल यानी पांच सितम्बर को की जायेगी और प्रत्याशी सात सितम्बर तक अपना नामांकन वापस ले सकेंगे भाजपा के हमीरपुर सदर किघायक अशोक सिंह चन्देल को अयोग्य घोषित किये जाने के बाद यह सीट रिक्त हुई है प्रदेश के लोगों को पिछले कुछ दिनों से पड़ रही उमस भरी गर्मी से निजात मिलने की उम्मीद बढ़ गयी है मौसम विमाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में पूरे प्रदेश में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है मौसम विभाग के अनुसार आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में और कल पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर सहित विभिन्न जिलों में मध्यम से लेकर भारी वर्षा होने का अनुमान है राज्य में प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिये जल्द ही कई कदम उठाये जायेंगे प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रमार डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने कल लखनऊ में बताया कि मिड डे मील इेस सम्बन्धी और अन्य अनियमितताओं की शिकायत दर्ज कराने के लिये शीघ्र ही चार अंकों का एक टोल फ्री नम्बर जारी किया जायेगा श्री द्विवेदी ने कहा कि शिक्षकों की उपस्थिति और उनकी अन्य समस्याओं के लिये प्रेरणा नाम का एक मोबाइल ऐप भी लॉन्व किया जायेगा